सीएस बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक अन्य बैठक में पोखार लघु जल विद्युत परियोजना को दो निजी कंपनियों को आवंटित करने की संस्तुति प्रदान की गई

गौरतलब है कि पोखार लघु जल विद्युत परियोजना टिहरी जिले के घनसाली तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित है

राजधानी देहरादून में दीपावली के अवसर पर बाजारों में खासी भीड़ दिखायी दे रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के मुख्य बाजारों पल्टन बाजार राजपुर रोड आदि क्षेत्रों में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किये गए हैं उधर लोगों ने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लड़ियों से सजाया है धर्मनगरी हरिद्वार के बाजार में भी आजकल खूब रौनक है दोपोत्सव के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग मिट्टी के दीये सजावती झालरों के अलावा खील बताशे मिठाइयों और तोहफों की खरीदारी कर रहे हैं बाजार के अलावा गली मोहल्लों की दुकानों से भी खूब बिक्री हो रही है दुकानदारों का कहना है कि मंदी के बावजूद लोगों में दीवाली के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है व्यापारियों का कहना है कि लोग अब चाइनीज की बजाय मिट्टी से बने दीये खरीद रहे हैं वही हरिद्वार पुलिस द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पुलिस कप्तान सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस का कहना है कि पूरे जिले के बाजारों में लगातार गश्त की जा रही है पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है एसएसपी कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों को भी दीवाली की सुरक्षा में तैनात किया गया है साथ ही उनका ये भी कहना है कि बिना लाइसेंस के किसी भी द्वानदार को पटाखे बेचने नही दिए जाएंगे उधर बागेश्वर नगर में भी मुख्य बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है सुबह से लेकर देर शाम तक बाजार में लोगों की भीड़ जूट रही है लोगों ने अपने घरों और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को आकर्षक ढंग से सजाया है नगर चौक बाजार दुग बाजार कत्यूर बाजार में फड़ लगाए गए हैं दीपावली देहरादून आज छोटी दिवाली का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों को दीपमालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया है बाजार रंग बिरंगी रोशनी से सजाए गए हैं इसके साथ ही लोग कल मनाई जाने वाले दीपावली के मुख्य पर्व की तैयारियों में जुटे हैं आज राजधानी के बाजारों में भी जमकर खरीदारी हुई लोगों ने मिट्टी के दिये मिठाइयां पटाखे साज सज्जा की सामग्री आदि की खरीदारी की लोगों का कहना है कि खरीदारी करते हुए वे इस बात का भी खास ध्यान रख रहे हैं कि पर्यावरण को खराब करने वाली सामग्री न खरीदी जाए राज्यपाल दीपावली राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज देहरादून स्थित वाल्मीकि बस्ती में महिलाओं और बच्चों को मिठाइयां बांटी उन्होंने लोगों को दीपावली गोवर्धन प्रजा और भैयाद्रज की बधाइयां और श्भकामनाएं दी इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि समाजसेवा के कार्यों से आत्मसंतोष मिलता है हमे गरीब वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे दीपावली शुभकामनाएं प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दीपावली पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं अपने संदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रकाश पर्व दीपावली गोवर्धन पूजा भैया दूज इन सभी तयोहारों का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व मात्रा हर्षोल्लास का पर्व ही नहीं बल्कि धार्मिक महत्व का पर्व भी है पिरूल बैठक देहरादून में परियोजना अनुमोदन समिति की बैठक में पिरूल से बिजली उत्पादन और ब्रिकेट बनाये जाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

पिरूल से बिजली उत्पादन और ब्रिकेटिंग इकाइयों की स्थापना के लिये इन क्षेत्रों में रिथित वन पंचायतों स्वयं सहायता समूहों महिला मंगल दलों आदि संस्थाओं को अपने क्षेत्र में पिरूल एकत्रीकरण करने और सम्बन्धित उद्यमी को उपलब्ध कराये जाने के लिये एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से राज सहायता के रूप में दिये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है

पिटकुल अध्यक्ष व ऊर्जा सचिव राधिका झा ने मुख्यमंत्री को यह चेक सौंपा

यह वृद्धि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के तीनों निगमों में सर्वाधिक है अपनी स्थापना के बाद से पिटकुल ने दूसरी बार राज्य सरकार को लाभांश दिया

इस अवसर पर पिटकुल के निदेशक मण्डल के सदस्य आशीष कुमार अमिताभ मैत्रा और अनिल कुमार भी मौजूद रहे छड़ी यात्रा चारधाम से चली पवित्र छड़ी यात्रा का अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया मंदिर के मुख्य पुरोहित समेत ग्रामीणों पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया यात्रा में शामिल सभी साधु संतों ने बाबा ज्योतिलिंग नागेश के दर्शन किये इसके बाद छड़ी यात्रा ने हनुमान पुष्टि माता महामृत्युंजय और केदारनाथ आदि मंदिर समूह की परिक्रमा की आपको बता दें कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को बढ़ावा देना और जीर्ण शीर्ण मठ मंदिरों सिद्वपीठ स्थलों के प्रति जागरूकता लाना है

छड़ी यात्रा गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ और बागेश्वर सहित कई तीर्थ स्थानों के दर्शन के बाद जागेश्वर धाम पहुंची

ऋषिकेश के नजदीक रिथित परमार्थ निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यात्रा को समाज व मानव के लिये कल्याणकारी बताया उन्होंने कहा कि समाज कल्याण के लिये हमारे संतो के प्रयास सदैव सार्थक हुए हैं पर्यावरण संरक्षण व गंगा की शुद्धता के लिये किये जा रहे प्रयास भी फलीभूत होंगे ऐसी उम्मीद है उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड श्रद्धा विश्वास और आस्था की भूमि है भारतीय संस्कृति की प्रतीक गंगा का उद्भव यही से हुआ है हमारे संत महात्मा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संवाहक हैं

इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने सतत विकास पर जोर देते हये कहा कि आज पूरी दुनिया में विज्ञान की पताका लहरा रही है जीवन और विज्ञान एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं उन्होंने कहा कि आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से कई बड़े क्षेत्रों में सफलता पाई है एक ओर जहां विज्ञान से विकास होता है वहीं दूसरी ओर विज्ञान समस्या का समाधान भी देता है जिलाधिकारी ने प्रतिभागी बाल वैज्ञानिकों के मॉडलों का अध्ययन किया और छात्रों से बातचीत की विज्ञान महोत्सव में सीनियर और जूनियर वर्ग विज्ञान मेला विज्ञान ड्रामा और विज्ञान क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा देशभर में दीपावली का त्योहार भी कल मनाया जायेगा प्रधानमंत्री ने इसी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से दीपावली का त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया था